महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडान के तहत पुलिस द्वारा ओर सख्ती

सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड से निपटने के लिए टैक्नोलॉजी तथा डेटा प्रबन्धन पर अधिकार प्राप्त समृह के अध्यक्ष और टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल के सदस्य डॉ आरएस शर्मा ने राज्यों और केन्द्र प्रशासित प्रदेशो के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से कोविड टीकों की समीक्षा की

इसमें परामर्श शुल्क भोजन और सभी प्रकार की जांचे शामिल हैं इस पैकेज में चुनिंदा दवाईयॉ भी सम्मिलित हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बारे में आदेश जारी किये गये इसके अलावा रोगियों को एक ही टेलीफोन नम्बर पर आवश्यक सलाह देने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिये आदेश दिये गये हैं

सभी जिलों के प्रमुख कोविड अस्पतालों में जिला स्तरीय वॉर रूम और हैल्पलाईन नम्बर जारी करने के भी निर्देश दिये गये हैं इन के अनुसार भर्ती की आवश्यकता वाले मरीज को किसी भी स्थिति में भर्ती के लिए मना नहीं किया जायेगा होम आइसोलेशन वाले मरीज किसी भी तरह की सलाह और दवा के लिए राज्यस्तरीय या जिला स्तरीय वॉररूम पर सम्पर्क कर सकेंगे

राजधानी जयपुर में पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चैक पोस्ट बनाकर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है और अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है दौसा में पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने जनता लॉकडॉउन की पूरी तरह से पालना करने अपील की

उधर भरतपुर के जिला कलक्टर ने अन्तरराज्यीय सीमा चौकियों का औचक निरीक्षण किया

भरतपुर और चूरू में आंधी के बाद हल्की बरसात हुई करौली में शाम को तेज आंधी चलने से जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में जोधपुर बीकानेर जयपुर अजमेर और भरतपुर संभाग में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है राज्य के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है